इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है और हम इसे पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाएंगे

जिनमें मंत्री विधायकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए गुना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आयोजित सहकारिता मंत्री शामिल हुए मुरैना सतना और सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संवाद का सीधा प्रसारण किया गया

रेलवे केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत रेलवे ने कुछ पहल की है जिसमें बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए चयनित रेल मार्गों पर यात्री रेलगाड़ियों को चलाना और कैपिटल फंडिंग के अंतर को मिटाने के साथ साथ आधुनिक रेक भी शामिल किया जाना है

वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय मंत्री ऐदल सिंह कंषाना की रिपोर्ट भी पाजिटिव आई है

मौसम प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा हालांकि चटक ध्रप और उमस से लोग बेहाल है दोपहर बाद कई हिस्सों में रोजाना बारिश राहत दे रही है राजधानी भोपाल में आज सुबह से तेज धूप निकली हई है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है